कल भोपाल में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के प्रयासों के तहत यह फैसला किया गया है

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि क्छ राजनीतिक दलों ने सुझाव दिया है कि यदि जीत का अंतर एक हजार योटों से कम होता है तो वोटों की दोबारा गिनती कराई जानी चाहिए इन दलों ने मतदान केन्द्रों पर सी सी टी वी कैमरा लगाने की भी मांग की ताकि एक से अधिक बार वोट देने वाले व्यक्तियों की पहचान की जा सके श्री रावत ने कहा कि पहली बार मध्यप्रदेश में निर्वाचन आयोग ऐसे प्रेक्षकों को तैनात करेगा जो मतदान केन्द्रों पर दिव्यांग लोगों की सहायता करेंगे नाम वापसी नाम वापसी के बाद अब प्रदेश में चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशियों की तस्वीर साफ हो गई है

विदिशा जिले की शमशाबाद विधानसभा क्षेत्र से सपाक्स के उम्मीदवार राघवजी ने भी अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया है

वहीं पार्टी अध्यक्ष अमित शाह भी आज से विभिन्न जिलों की विधानसभाओं में पहुंचकर जनसभा और रोड शो में भाग लेंगे श्री शाह आज बड़वानी शाजापुर बड़नगर में सभा को संबोधित करेंगे

श्री गांधी सागर जिले में देवरी में जनसभा करेंगे

इस दौरान वे बालाघाट और भोपाल में जनसभा को संबोधित करेंगी चुनाव गतिविधि प्रदेश में चुनाव प्रचार के तेज होने के साथ साथ चुनावी तैयारियां भी गति पकड़ रही है इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन और वीवी पैट के दूसरे चरण का रेण्डमाइजेशन आज किया जायेगा कटनी में इस प्रकिया के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और उम्मीद्वारों तय सीमा और स्थान पर उपस्थित होने की अपील की है वही मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्वीप प्लान गतिविधियां भी चल रही है देवास में आज हस्ताक्षर अभियान आयोजित किया जायेगा जिसमें मतदाता मतदान में शामिल होने को लेकर अपने हस्ताक्षर करेंगे कल से दो दिवसीय अभियान चलाकर मतदाताओं से संकल्प पत्र भरवाये जायेंगे

प्रशासन द्वारा जांच पड़ताल अभियान भी चलाया जा रहा है उमरिया जिले में कटनी सीमा चेक पोस्ट पर दो वाहनों से डेढ़ डेढ़ लाख रूपये की नकदी जब्त की गई

कल नई दिल्ली में गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में संसदीय मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक में यह निर्णय लिया गया

उन्होंने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है

पुरातत्व आयुक्त अनुपम राजन ने बताया है कि संचालनालय सहित विभिन्न जिलों में स्थापित संग्रहालयों में प्रदर्शनी कार्यशाला और व्याख्यान माला जैसे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे

मैच भारतीय समयानुसार रात साढ़े आठ बजे शुरू होगा भारतीय टीम ने अपने पहले दो मैचों में विश्वसनीय जीत दर्ज की है जिसमें पाकिस्तान के विरूद्व विजय शामिल है कप्तान हरमनप्रीत कौर ने न्यूजीलैंड के साथ प्रोविडेंस में पहले मैच में शतक के साथ टूर्नामेंट का शानदार आगाज किया दूसरी तरफ आयरलैंड को ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान दोनों से हार का सामना करना पड़ा है

इसी तरह अभिषेक ठाक्र ने छह सौ मीटर दौड़ शिवम सिकरवार ने सौ मीटर दौड़ अरविंद शर्मा ने डिस्कस थ्रो और कृष्णा शर्मा ने ट्रिपलजम्प में एक एक रजत पदक प्राप्त किया वहीं शिवम सिकरवार ने ट्रायथलान रोहन बावरिया ने चार सौ मीटर तथा कृष्णा शर्मा ने लान्गजम्प में एक एक कांस्य पदक हासिल किया विजेता खिलाड़ियों ने कल संचालक खेल और युवा कल्याण डॉ एसएल थाउसेन से भेंट कर उन्हे चैम्पियनशिप में हासिल उपलब्धि से अवगत कराया

जिसमें बड़ी संख्या में नागरिकों ने भाग लिया